प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के दस सप्ताह के भीतर ही सरकार ने लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने का काम किया है

प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों को साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है पेयजल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बहुत जल्दे जल जीवन मिशन शुरू करेगी जिसमें साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि खर्च करने का संकल्प लिया गया है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सौ लाख करोड़ रुपये आधुनिक बुनियादी ढांचे पर लगाने का फैसला लिया गया है इससे रोजगार को भी बल मिलेगा

प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का नया पद बनाया जायेगा

सभी जिला मुख्यालयों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किये गए देहरादून के परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ध्वजारोहण किया कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों की परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों वृद्वजनों युवाओं महिलाओं और कृषि से जुड़ी कई घोषणाएं की

सभी रिक्त सरकारी पदों पर समयबद्द तरीके से भर्ती की जाएगी इसकी मॉनिटरिंग के लिए कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो लोग पहले से संविदा में लगे हैं उनके लिए अधिमान अंक की व्यवस्था की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बुज़ुर्गो की देखभाल के लिए कानून लाने पर विचार कर रही है

ये सभी बच्चे उत्तराखण्ड बोर्ड के होंगे

उधर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेश विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने झंडा फहराया सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी राष्ट्र या राज्य के निर्माण में सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यहीं से राज्य के विकास का रोडमैप तैयार होता है और यहीं योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाता है उन्होंने कहा कि हमें अपने राज्य को विकास की राह में आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक योगदान देना होगा मुख्य सचिव ने सचिवालय को प्लास्टिक फ्री करने में सचिवालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया उन्होंने उम्मीद जताई कि सचिवालय में बिजली की बचत और जल संग्रहण के क्षेत्र में भी गम्भीरता के साथ प्रयास किये जाएंगे देहरादून में पुलिस मुख्यालय प्रांगण में पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने ध्वजारोहण किया पुलिस महानिदेशक ने उपस्थित पुलिस बल को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलायी इस अवसर पर राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मान से अलंकृत किया गया

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण को प्राथमिकता में लेते हुए वर्षवार प्लान तैयार कर योजना को पूरा करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों का सम्पूर्ण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कुपोषित बच्चों के कुपोषण से मुक्ति के लिए किये जा रहे कार्य और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को मिशन मोड में सम्पन्न किया जाएगा मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कुपोषित और अतिकुपोषित बच्चों की लगातार ट्रेकिंग करने के निर्देश दिये

हरिद्वार के कलेक्ट्रेट भवन में जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी ने ध्वजारोहण किया जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण भी किया इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने स्वच्छता के गीत गाये चम्पावत में विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभातफेरी निकाली जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद पाण्डेय ने झंडा फहराया जिलेभर के सरकारी अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण कर मिठाइयां बांटी गयी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया बागेश्वर में बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं और स्कूलों में तिरंगा फहराया गया ऐतिहासिक नुमाईखेत मैदान मे भी तिरंगा फहराया गया चमोली जिले में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला कलक्ट्रेट में राष्ट्रीय ध्वज फहराया उधमसिंह नगर जिले में भी स्वतंत्रता दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गए जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल ने जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने स्वच्छता और पॉलीथिन उन्मूलन का संकल्प लिया इससे पहले जिला स्टेडियम में क्रास कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

मंडल मुख्यालय स्थित आयुक्त कार्यालय में आयुक्त गढ़वाल मण्डल दिलीप जावलकर ने ध्वजारोहण किया कलक्ट्रेट में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने ध्वजारोहण किया अल्मोड़ा में भी स्वतन्त्रता दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया अल्मोड़ा में सुबह जिला प्रशासन शिक्षा विभाग स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने झंडा रोहण किया स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर जिले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया अन्य जिलों में भी हर्षोल्लास के साथ आजादी का जश्न मनाया गया

इस अभियान के तहत गत वर्ष ऋषिपर्णा और कोसी को पुनर्जीवित करने के लिये इनके उदगम स्थलों पर एक ही दिन में लाखों वृक्षों का रोपण किया गया देहरादून में आयोजित हरेला समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवी संस्थाओं से स्वैच्छिक चकबन्दी की ओर ध्यान देने की भी अपेक्षा की उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत खेती को बढ़ावा देने के साथ खेती के बदलते स्वरूप पर भी ध्यान देने को कहा उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और खेती के प्रति ध्यान देने के लिये राज्य सरकार द्वारा अनेक सहूलियतें दी जा रही हैं प्राकृतिक खेती और खेती के तरीकों में बदलाव लाने में भी उन्होंने संस्थाओं से सहयोग की अपेक्षा की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि बागवानी के क्षेत्र में योगदान के लिए थलीसैंण निवासी अनूप पटवाल को जसोदा नवानी हरेला सम्मान प्रदान किया इस अवसर पर उन्होंने धाद महिला एकांश हरेला साथियों के साथ ही स्कूली छात्रों को भी सम्मानित किया स्लग रक्षाबंधन भाई बहन के बीच विशेष प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज देश और प्रदेशभर में उत्साह के साथ मनाया गया इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी प्रदेशवासियों को त्योहार की शुभकामनाएं दी अल्मोड़ा के आर्मी कैंट में सेना के जवानों के साथ रक्षाबंधन पर्व का आयोजन किया गया बड़ी संख्या में महिलाओं ने सेना के जवानों को रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लम्बी आयु की कामना की

वहीं घर घर में रक्षाबंधन का त्योहार हंसी खुशी से मनाया गया इस दौरान सड़कों पर जाम की स्थिति भी बनी रही